परिवहन विभाग ने इन वाहनों में सोशल डिस्टेंसिंग की बाध्यता को समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया है हालांकि कोरोना से बचाव को लेकर विभाग द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रॉसिड्योर एसओपी का पालन करना अनिवार्य होगा जिसमें मास्क का इस्तेमाल प्रवेश और निकासी के लिए अलग अलग दरवाजे चालक के केबिन में यात्रियों के बैठने पर रोक आदि शामिल है परिवहन सचिव के रविक्मार ने बताया कि सीटों से ज्यादा यात्रियों को बैठाने और बढ़ा हुआ भाड़ा वसूलने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी उन्होंने यह भी बताया कि झारखंड चालक और परिवहन सुरक्षा अभियान चलाने के साथ चालक सुरक्षा किट भी वितरित किए जा रहे हैं उधर अंतर राज्य बस परिवहन सेवा भी कल से शुरू हो जाएगी

इसे देश के आर्थिक विकास के लिए जलमार्गों और सड़कमार्गों के बीच संपर्क स्थापित करने और यातायात सुविधाओं का बेहतर लाभ उठाने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोच को साकार करने की दिशा में एक बडा कदम माना जा रहा है रो पैक्स सेवाओं के अंतर्गत कार बस और ट्रक जैसे परिवहन के साधनों को यात्रियों और माल समेत जलमार्गो के जरिए दूसरे स्थान तक पहंचाया जा सकता है जहां से वे आगे यात्रा कर सकते हैं हजीरा घोघा रो पैक्स फेरी सेवा दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार का कार्य करेगी

राज्य प्रदृषण नियंत्रण पर्षद के अध्यक्ष प्रियेश कुमार वर्मा ने कल एक कार्यशाला में कहा कि इन आठ शहरो का चयन विशेष पर्यावरण स्थिति को ध्याने में रख कर किया गया है एक्शन प्लान के तहत इन शहरों में प्रदूषण स्तर और अन्य पहलुओं पर अनुसंधान किया जाएगा इसके लिए खनन उद्योग ऊर्जा परिवहन और ग्रामीण विकास समेत अन्य संबंधित विभागों का सहयोग लिया जाएगा कार्यशाला में बताया गया कि नेशनल ग्रीन एयर प्रोग्राम के लिए राज्य के धनबाद समेत देश के एक सौ बाइस शहरों का चयन किया गया है

राज्य के बीस जिलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष न्यायलय बनाए जाएंगे जबकि रांची देवघर धनबाद और हजारीबाग जिले में पहले से विशेष न्यायलय कार्य कर रहे हैं मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने विशेष न्यायालयों के गठन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है हम आपको बता दें कि पूरे राज्य में इस अधिनियम के तहत एक हजार नौ सौ तिरपन मामले दर्ज हैं इनमें सबसे ज्यादा धनबाद में तीन सौ इक्कीस पलामू में दो सौ अठारह हजारीबाग में दो सौ आठ रांची में एक सौ सतासी और गिरिडीह में एक सौ तिरसठ मुकदमें लंबित हैं

झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से आयोजित की जा रही इस परीक्षा में लगभग दो हजार आठ सौ विद्यार्थी शामिल होंगे सफल विद्यार्थियों का कक्षा छह में नामांकन होगा उधर नेतरहाट आवासीय विद्यालय और हजारीबाग स्थित इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा कल होगी

राज्य में पिछले चौबीस घंटे में चार सौ एक लोगों ने कोरोना को मात दी वहीं तीन सौ छप्पन नए पॉजिटिव मामले सामने आने के अलावा एक संक्रमित की मौत भी हो गई इस दौरान रांची से सबसे ज्यादा एक सौ एकतीस संक्रमितों को उपचार के बाद अस्पतालों से छट्टी दे दी गई जबकि रांची से ही सर्वाधिक इक्यान्बे नए कोरोना संक्रमित मिले हैं वहीं धनबाद में एक संक्रमित की मौत होने की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है इस तरह पिछले कुछ दिनों से संक्रमितों की तुलना में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में लगातार बढोत्तरी हो रही है पुरे राज्य में अबतक एक लाख तीन हजार आठ सौ निन्यान्बे कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं इनमें अंठान्बे हजार तीन सौ पैंसठ लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि चार हजार छह सौ उनचालीस संक्रमितों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है वहीं आठ सौ पंचान्बे संक्रमितों की जान जा चुकी है इस तरह कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर चौरान्बे दशमलव छह सात प्रतिशत पहुंच गई है जबकि मृत्यु दर घटकर शून्य दशमलव आठ छह प्रतिशत हो चुकी है

न्यायधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने कल सुनवाई करते हुए सीबीआई को चौबीस नवंबर तक शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है लालू प्रसाद की ओर से यह जमानत याचिका दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में दाखिल किया गया है

अनुमंडल पदाधिकारी और मेला आयोजन समिति की बैठक में मेले आयोजित नहीं करने का निर्णय लिया गया कार्तिक पूर्णिमा पर यहां सिर्फ पारंपरिक अनुष्ठान होंगे श्रद्वाल् सिर्फ पूजा अर्चना कर सकेंगे भोग चढ़ाने की अनुमतिं नहीं दी जाएगी रांची जिले की तमाड़ थाना पुलिस ने त्वचरित कार्रवाई करते हुए अपहरण के बारह घंटे के अंदर नाबालिक छात्रा को बरामद कर लिया गौरतलब है कि कल सुबह ट्यूशन जाने के दौरान छात्रा को तीन नकाबपोश लोगों ने अगवा कर लिया था अपहरण की इस घटना की जानकारी मिलने के बाद आक्रोशित लोगों ने रांची जमशेदपुर सड़क को जाम कर दिया था इसकी जानकारी मिलने के बाद छात्रा को रामगढ़ से सकुशल बरामद कर लिया इस मामले में एक अपहर्ता को भी गिरफ्तार किया गया है

अबू धाबी में हुए मैच में बेंगलुरू ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट खोकर एक सौ इक्तीस रन बनाए हैदराबाद ने चार विर्कट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया अब फाइनल में पहुंचने के लिए हैदराबाद का सामना दिल्ली से आठ नवंबर को होगा उधर मुंबई की टीम पहले ही फाइनल में प्रवेश कर चुकी है फाइनल दस नवंबर को खेला जाएगा

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्वांजलि दी रांची जिला आपदा प्रबंध प्राधिकार का पुर्नगठन किया गया है उपायुक्त प्राधिकार के अध्यक्ष होंगे जबकि जिला परिषद अध्यक्ष इसके सह अध्यक्ष होंगे शहरी निकायों के अध्यक्ष एसएसपी और सिविल सर्जन सदस्य होंगे अपर समाहर्ता अथवा अपर उपायुक्त प्राधिकार के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होंगे लोहरदगा जिले के उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो ने खनन उत्पाद नगर पर्षद वाणिज्यकर कृषि बाजार समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें राजस्व संग्रहण में तेजी लाने का निर्देश दिया गिरिडीह के राजधनवार थाना क्षेत्र के केंद्आटोली में क्एं से दो भाइयों के शव मिलने के मामले की जांच के लिए डीआईजी एवी होमकर घटनास्थल का जायजा लिया अब अखबारों की सुर्खियां और आईये अब सुनते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने कोर्ट की अनुमति के बिना कही भी कोयला खनन नहीं होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है प्रभात खबर ने व्यवसायिक वाहनों में यात्रियों के बैठाने को लेकर परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है एलएसी में बदलाव मंजूर नहीं शीर्षक से दैनिक जागरण ने सीमा विवाद को लेकर चीन के साथ हई कमांडर स्तरीय वार्ता में चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ विपिन रावत ने दो टूक जवाब दिया है दैनिक भास्कर ने शहरी निकायों में पेयजल को लेकर बनाई गई नियमावली को मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने झारखंड में स्कूल सिनेमा हॉल और मेले पर तीस नवंबर तक पाबंदी जारी रखने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है रांची एक्सप्रेस ने हजारीबाग में एक नाबालिग को एसिड पिलाए जाने के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को कोर्ट में तलब किए जाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है वहीं अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अमेरिका में ब्राइडेन के राष्ट्रपति चुनाव में बढ़त लेने की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है और हिन्दुस्तान टाइम्स ने बिहार में आज अंतिम चरण के होने वाले चुनाव की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है